प्रचार के अंतिम दिन आज भाजपा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह धार और इन्दौर में जनसभा और रोड शो करेंगे धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह कृक्षी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं जिले की सरदारपुर सीट पर भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रोड शो कर एक नुक्कड़ सभा करेंगे केन्द्रीय स्मृति इरानी छिन्दवाड़ा नरसिंहपुर सतना जिलों में प्रचार करेंगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर निवाड़ी सागर विदिशा सीहोर और भोपाल जिले में सभाएं करेंगे वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमनसिंह बालाघाट मंडला और शहडोल जिलों में जनसभाएं करेंगे कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और चुनाव प्रचार समित के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां करेंगे

उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है बल्कि मध्यप्रदेश के भविष्य का चुनाव है एक तरफ हम इन चुनावों में अपने कामों का हिसाब लेकर आये हैं वहीं कांग्रेस के पचपन सार्लो का कुशासन भी आप लोगों को याद है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा उसके राज्य में न सड़कें थीं न बिजली थी

उन्होंने कल बैतूल जिले के आठनेर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में नौजवान बेरोजगार हैं तमाम घोषणाओं के बाद भी किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिले हैं कमलनाथ ने पार्टी के चुनाव घोषणापत्र का जिक करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ किया जायेगा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जायेगा

यह एक ऐसा माध्यम है जो युवा वर्ग को सैन्य प्रशिक्षण देकर सैन्य गतिविधियों से अवगत कराते हुए अनुशासन में रहकर उनमें एकता की भावना का विकास करता है समारोह में राज्यपाल ने कैडेटस को प्रमाण पत्र भेंट किये और पत्रिका स्पंदन का विमोचन किया

सुरक्षा व्यवस्था के लिये बालाघाट मण्डला और भोपाल में एक एक हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे

निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के मददेनजर राज्य की सीमा पर भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है

इतना ही नहीं प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों में भी तीन किलोमीटर भीतर तक की शराब दुकानें बंद रखी जायेंगी आयोग के निर्देशानुसार इस अवधि में मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी होटल आहार गृह मध्शाला सार्वजनिक और निजी स्थान के साथ साथ गैर मालिकाना क्लब होटल रेस्टोरेन्ट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध हैं उनमें शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी

इस मौके पर आज प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स को इस बारे में निर्देश जारी किये गये हैं संविधान दिवस पर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में भारत के संविधान की उद्देशिका को पढ़कर सुनाया जायेगा

भोपाल में तीन दिन तक चले इस धार्मिक समागम में उलेमाओं ने दीनी तकरीरों में लोगों से मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुलकर काम करने का अहद दिलाया